परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है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 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्ही पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने आकाषवाणी को बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

मतगणना स्थल पर प्रवेष के लिए त्रि स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए

उन्होंने बताया कि राज्य की सभी लोकसभा सीटों की मतगणना के रूझान परिणाम और पल पल की ताजा जानकारी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के जरिए लोगों को मिल सकेगी इसके अलावा मतगणना केंद्रों तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर भी एलईडी के जरिए मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है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

बोर्ड के अध्यक्ष नथमल डिडेल ने बताया कि कला संकाय में भी छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है और इस बार का परिणाम पिछले साल के बराबर ही रहा है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से रिसैट ट्रबी उपग्रह का प्रक्षेपण किया

उपग्रह से भेजे गए आंकड़ो का इस्तेमाल कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा

प्रक्षेपण के तुरन्त बाद इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही पीएसएलवी ने पचास टन भार अंतरिक्ष में भेजने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने बताया कि रिसैट टूबी में अनेक नई खूबियां हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने रीसैट टू बी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वनों का विनाश तथा प्रजातियों का विल्प्त होना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है

उन्होंने पेडो के बचाव के लिए शुरू की गई नई पहल ट्री एम्बुलेंस एण्ड ट्री स्पेड का जिक्र करते हुए कहा कि ट्री एम्बुलेंस की कल्पना से पेड़ो को संरक्षित किया जा सकेगा जोधपुर के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नवीन बोहरा ने जैव विविधता दिवस मनाने के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी

इसके अलावा खानपान रहन सहन और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया संगोष्ठी में पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आहवान भी किया गया इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई बाडमेर में मरूथलीकरण नियंत्रण पर्यावरण सूचना प्रणाली केन्द्र काजरी और केयर्न ऑयल एंड गैस की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया अजमेर जिले के किशनगढ में भ्रष्टाचार निाोधक ब्यूरो ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सुरेन्द्र क्मार और वरिष्ठ सहायक नवरतन को एक लाख रूपए की रिश्वत लेते आज रंगे हाथों गिरफतार किया सहायक अभियंता ने पाइपलाइन के स्थानांतरण के कार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी ब्यूरो द्वारा कल करवाए गए सत्यापन में शिकायत सही पाई गई कल ब्यूरो ने वरिष्ठ सहायक नवरतन के जरिए रिश्वत की राशि लेते समय दबिश देकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया

उन्होंने अब तक की कार्रवाई के संबंध में राजस्थान पुर्लिस महानिदेशक से जानकारी मांगी है बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा और सज्जनगढ थानों में दो युवतियों से दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं दोनों थानों की पुलिस आज दोनों पीड़िताओं को लेकर जिला अस्पताल पहुंची और वहां पर मेडिकल मुआयना कराया गया है पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है

सीकर जिले के दादिया रामपुरा गांव में उचित मूल्य की द्वान पर अनियमितता पाए जाने के बाद जिला रसद अधिकारी ने उसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया